मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ईवीएम और वीवी पैट की सुरक्षा के जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए निर्देश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा देश को स्वच्छ और मज़बूत नेतृत्व की ज़रूरत

सुखराम पूर्व केन्द्रीय मंत्री पंडित सुखराम व उनके पोते आश्रय शर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं नई दिल्ली में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की समाचार एजेंसी पीटीआई ने पार्टी की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल के हवाले से ये जानकारी दी है उल्लेखनीय है कि सुखराम के पुत्र और आश्रय शर्मा के पिता अनिल शर्मा प्रदेश भाजपा सरकार में मंत्री हैं समझा जाता है कि मण्डी संसदीय सीट से भाजपा टिकट न मिलने से नाराजगी के चलते ही सुखराम और आश्रय शर्मा ने कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया है उनके इस कदम से प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं बाद में पत्रकारों से बातचीत में पंडित सुखराम ने कहा कि ये उनकी अपने घर की वापसी है और वे किसी से भी द्वेष नहीं रखना चाहते हैं अपील प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मतदान की अपील की है एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने देशभर के मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे अपने परिवार और मित्रों से भी रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने को कहें उन्होंने कहा कि इसका राष्ट्र के भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव होगा प्रधानमंत्री ने खेलकृद मीडिया और बॉलीवुड से भी मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करने की अपील की उन्होंने मतदाता जागरूकता के नवाचार अभियानों में लगे लोगों से हैशटेग वोटकर का उपयोग कर अपने अनुभवों का ब्यौरा साझा करने का आग्रह किया नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सभी को अधिक से अधिक संख्या में मतदान सुनिश्चित कराने का प्रयास करना होगा निर्देश मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को ईवीएम और वीवी पैट की स्रक्षा के निर्देश दिए हैं वे आज शिमला में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि इन मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा जिनमें सुरक्षा सिंगल प्रवेश द्वार अग्निशमन यंत्र और सीसीटीवी कैमरे की सुविधा रहेगी

देवेश कुमार ने कहा कि ज़िला निर्वाचन कार्यालय और मुख्य निर्वाचन कार्यालय स्तर पर जीपी एस ट्रैकिंग प्रणाली सुविधा से लैस ईवीएम नियंत्रण कक्ष बनाए जाएंगे युवा मतदाता मण्डी ज़िला युवाओं को मतदाता सूची में जोड़ने में प्रदेशभर में अव्वल रहा है

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने भी युवा मतदाता पंजीकरण में बेहतर प्रदर्शन के लिए ज़िला प्रशासन को बधाई दी है

प्रशासन ने पात्र लोगों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है प्रशासन ने चुनाव में ईवीएम और वीवी पैट से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी के लिए कुल्लू में ईवीएम नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है निगरानी प्रदेश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सुरक्षा प्लान तैयार किया जा रहा है डीआईजी संतोष पटियाल ने आज धर्मशाला में बताया कि कांगड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नाके स्थापित किए गए हैं जिनकी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उन्होंने कहा कि पंजाब और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती ज़िलों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठकें की गई हैं उन्होंने कहा कि लाइसेंस धारकों को अ मार्च से पहले अपने हथियार थानों में जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं वीवीपैट उच्चतम न्यायालय ने आगामी आम और विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल वीवीपैट सैंपल सर्वे की संख्या एक से अधिक किए जाने के बारे में बृहस्पतिवार तक जवाब मांगा है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा है कि वो वीवीपैट बढाए जाने के पक्ष में है लेकिन इसका मतलब किसी पर आक्षेप लगाना नहीं बल्कि मतदाताओं को संतुष्ट करना है मामले की अगली सुनवाई पहली अप्रैल को होगी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि देश को महा गठबंधन नहीं बल्कि स्वच्छ व मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है क़ल्ल़ ज़िले के सैंज में आज भाजपा युवा मोर्चा के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश की आवश्यकता है और भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर काम करना होगा

सम्मेलन में वन मंत्री गोविंद ठाकुर और मण्डी संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी राम स्वरूप शर्मा भी मौजूद रहे इससे पहले मण्डी जिले के बालीचौकी में युवा मोर्चा के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता के उत्साह से स्पष्ट है कि पार्टी उम्मीदवार राम स्वरूप शर्मा जीत दर्ज करने में कामयाब रहेंगे उन्होंने कहा कि भाजपा चारों सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है लेकिन कांग्रेस अभी भी इस मुद्दे पर असमंजस में है

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के इस प्रयास ने देश की एकता व अखण्डता को चोट पहुंचाने का काम किया है उन्होंने कहा कि देश और संस्थानों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एन डीए सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है टीबी दिवस क्षय रोग जागरूकता पखवाड़े के तहत ऊना में आज ज़िलास्तरीय टीबी जागरूकता दिवस आयोजित किया गया इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रमण शर्मा ने कहा कि क्षयरोग के मरीजों की पहचान करने में ऊना जिला काफी आगे है लेकिन इस दिशा में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है उन्होंने कहा कि मरीजों की पहचान में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम रहती है ऐसे में बेहतर कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित भी किया जाएगा

संगठन के कमांडर कर्नल उमाकांत शंकर ने मनाली के गुलाबा में आज प्रजा अर्चना के बाद मिशन रोहतांग स्नो क्लीयरेंस की शुरूआत की

लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले की चोटियों पर सुबह से हिमपात हो रहा है लाहौल स्पीति ज़िले में हिमपात के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और घार्टी के लिए प्रस्तावित उड़ानें आज नहीं हो सकीं

राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कुछ अन्य भागों में आज दिनभर हल्की वर्षा का क्रम चलता रहा